रांची जिले में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की पुष्टि हुई है

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने बताया कि मलेशिया से आयी युवती का केस पॉजिटिव पाया गया हैउसे रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है

जिला प्रशासन द्वारा यह अपील की गयी है लोग वेबजह अपने घर से बाहर न निकले जिला प्रलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह बैरिकेटिंग कर वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है रांची में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद उपायुक्त राय महिमापत रे और वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता द्वारा कंट्रोल रूम से पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने वरीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर हालात पर चर्चा की उपायुक्त ने बताया कि वायरस के संकमण की रोकथाम के साथ होम स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है उपायुक्त ने लोगों से कहा कि अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें जिला प्रशासन वायरस के संकमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है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

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर हई बैठक में वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेष्वर उरांव स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित थे बैठक में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा प्राधिकरण के तत्काल गठन की आवष्यकता पर बल दिया गया

इस दौरान विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि मनरेगा मजदूरों को फरवरी और मार्च महीने का भुगतान तीन अप्रैल के पहले कर दिया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आईबीएलएस से प्राप्त सुझावों पर अमल किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया जबकि कृषि मंत्री बादल ने कहा कि लॉकडाउन में सभी को ताजी सब्जियां और दूध मिले तथा किसानों को किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़े इस दिषा में विभागीय स्तर पर सभी जिलों के उपायुक्त को आवष्यक दिशा निर्देश दिया गया है

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज राज्यपाल को ई मेल द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है इस ज्ञापन में भाजपा नेताओं द्वारा यह आग्रह किया गया है कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को उनके असंवैधानिक निर्देश के कारण राज्य मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाय भाजपा नेताओं इस संबंध में राज्यपाल से मुख्यमंत्री को निर्देश देने का आग्रह किया है

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार दो सौ इक्यावन हो गई

उन्होंने कहा कि इस समय एक सौ तेइस प्रयोगशालाओं में जांच की जा रही है निजी क्षेत्र की उन्चास प्रयोगशालाओं को भी जांच की अनुमति दी गई है डॉक्टर गंगाखेड़कर ने बताया कि निजी प्रयोगशालाओं में कल तीन सौ निन्यानवे रोगियों की जांच की गई गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इक्कीस हजार से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं जहां छह लाख से अधिक लोगों को ठहराया जा सकता है

पूरे देश में ऐसे करीब दो हजार एक सौ सैतीस कामगारों को चिहिनत किया गया है जो अलग अलग राज्यों में जा चुके है गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले तमाम लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से सामने आकर अपनी स्वास्थ्य जांच करायें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची में राउंड टेबल इंडिया और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से तैयार किए गए सीएम किचन का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को भोजन की समस्या उत्पन्न नही हो इसको मददेनजर रखते हए राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में तत्काल सीएम किचन और कम्युनिटी किचन की शुरुआत के लिए थानों सहित विभिन्न संस्थानों को निर्देश दिए हैं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं और अपने घरों में सुरक्षित रहकर संयम बरते श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के वैसे लोग जो दूसरे राज्यों में रह गए हैं उन्हें उसी राज्य में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आते हैं उनका जांच होना सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता जांच से डरे नहीं इसके लिए उन्हें जागरूक करें हजारीबाग जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान में जुटे सीआरपीएफ जवानों द्वारा अब कोरोना वायरस के सामुदायिक संकमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक भोजन और अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है

कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लातेहार शहरी क्षेत्र में मंगलवार को सोडियम हाइपो क्लोराइड घोल का छिड़काव किया गया गुमला जिले के विशुनपुर थाना अंतर्गत जोरी जंगल में आज दोपहर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया

द्मका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आज सात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया